बिहार में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या तीन हजार एक सौ पचासी हुई

केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग तीस समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है श्री राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए तीन तरह से काम किया जा रहा है इनमें स्वदेशी प्रयास अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किये जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए चार तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं

वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इन्युअल रैस्पॉन्स तैयार होती है जब वॉयरस आती है दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैन्डर्ड वैक्सीन डेव्लमेन्ट स्टेन्डर्ड कहते हैं उसको कि एक वीक वर्जन ऑफ द वॉयरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती तीसरी किसी और वॉयरस की बैक बॉन में इस वॉयरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है और चौथी यह वॉयरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टीम्यूलस के साथ एड्ज्यूमेन्ट कहते हैं उसको लगाते हैं श्री राघवन ने कहा कि कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने से पहले कोविड उन्नीस से बचाव के लिए पांच महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है

यानि मास्क पहनना चाहिये हाथ साफ करने चाहिये दूसरी सरफेसेज को साफ करना चाहिये तीसरी फिजिकल डिस्टेन्सिंग मीट करनी चाहिये यह तीनों आसान लगते हैं लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है करना मुश्किल है और उसके लिये साइंस एंड टैक्नोलॉजी से तरह तरह के साल्यूशन्स निकालने चाहिये चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है यह पांच हमारे हाथ में हमारे सोसायटी के हाथ में अभी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिये एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित मूल लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ उनचास मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार एक सौ पचासी हो गयी है कल सबसे अधिक बीस मामले बेगूसराय से सामने आये भागलपुर से सत्रह पटना से चौदह नालंदा से तेरह गया और पूर्णियां से बारह बारह पूर्वी चम्पारण से ग्यारह नवादा से दस भोजपुर से सात सारण खगड़िया और सीवान से पांच पांच वैशाली और कैमूर से चार चार सुपौल और मुजफ्फरपुर से तीन तीन गोपालगंज से दो तथा औरंगाबाद और अरवल से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं मृतकों की संख्या बढ़कर सोलह हो गयी है मुम्बई से लौटे भोजपुर जिले के एक युवक की पिछले दिनों इलाज के दौरान मौत हो गयी थी जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक साथ एक सौ बत्तीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या एक हजार पचास हो गयी है स्वस्थ होने की दर लगभग तैंतीस प्रतिशत है देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पैंसठ हजार सात सौ निन्यानवे हो गई है अब तक इकहत्तर हजार एक सौ छह लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार सात सौ छह लोगों की मौत हुई है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की दर सुधर कर लगभग तैंतालीस प्रतिशत हो गई है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड उन्नीस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने और हैंड सेनेटाइजर के उपयोग करने पर बल दिया है बाईट हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अकसर पानी और साबुन के साथ साफ रखें साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल कर लें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर बातचीत की और मौजूदा स्थिति की समीक्षा की उन्होंने सभी राज्यों से चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद की रणनीति के लिए सुझाव मांगे हैं उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की संख्या में चौदह लाख की बढ़ोतरी की गयी है श्री पासवान ने कहा कि बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप ही राज्य को खाद्यान्न का आवंटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्वारेंटीन की अवधि पूरी करने वाले प्रवासियों के बैंक खातों में रेल किराये की राशि और पांच सौ रूपये या न्यूनतम एक हजार रूपये की राशि जल्द से जल्द हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने दूसरे राज्यों में फंसे वैसे लोग जिनका बैंक अकाउंट बिहार में नहीं था उनका खाता खुलवाकर मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत एक एक हजार रूपये की राशि भी भेजने का निर्देश दिया भारतीय रेलवे ने बारह मई से चल रही सभी तीस विशेष प्रकार की ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को वर्तमान तीस दिन से बढ़ाकर एक सौ बीस दिन करने का निर्णय लिया है यह फैसला उन सभी दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की एक तारीख से शुरू होगा रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव इकतीस मई की सुबह आठ बजे की ट्रेन बुकिंग से लागू होंगे इसके अनुसार इन सभी दो सौ तीस ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी मंत्रालय ने कहा कि अन्य नियम और शर्ते जैसे कि वर्तमान बुकिंग और सड़क किनारे के स्टेशनों के लिए तत्काल कोटा आवंटन वही होगा जो नियमित समय पर चलने वाली ट्रेनों में होता है आयकर विभाग ने आधार नम्बर वाले आवेदकों को तत्काल निःशुल्क पैन नम्बर आवंटित करने की सुविधा शुरू की है

यह सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुडा पंजीकृत मोबाइल फोन नम्बर भी होगा हाथोंहाथ पैन नम्बर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आयकर विभाग की ई फाईलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नम्बर उपलब्ध कराना होता है इसके बाद उन्हें पंजीकृत मोबाइल फोन पर प्राप्त ओ टी पी को भेजना होगा इसके साथ पैन नम्बर आवंटन की प्रक्रिया श्रू हो जाएगी है और पन्द्रह डिजिट वाला पावती नम्बर आवेदक को दे दिया जाएगा है अगर आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति का पता करना हो तो वह आधार नम्बर भेजकर इसकी जानकारी हासिल कर सकता है उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को किराया वहन करने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया पीठ ने कहा कि यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मजदूरों को खाना पीना उपलब्ध कराना राज्य सरकार और रेलवे की जिम्मेदारी होगी मजदूरों का पंजीकरण भी राज्य सरकारें करेंगी पीठ ने रेलवे को राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्काल ट्रेन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया मामले की अगली सुनवाई पांच जून को होगी बिहार में दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों के आने का सिलसिला अंतिम चरण में है सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लौटने वाले प्रवासियों की कम हो रही संख्या को देखते हुये आज के लिए खुलने वाली नौ स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है आज छियालीस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बयालीस हजार नौ सौ लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे इसमें सबसे अधिक बारह ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही है राज्य के प्रखंड स्तरीय क्वारेंटीन केन्द्र में रह रहे आधे प्रवासी अपने घरों को लौट चुके हैं

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हये आठ सौ नौ करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है यह राशि कोरोना से सुरक्षात्मक उपायों के अलावा राहत और बचाव कार्य में खर्च की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया वहीं कैबिनेट ने टैक्स डिफॉल्टर मालवाहक व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर टेलर मालिकों के लिए शुरू की गयी सर्व क्षमा योजना की अवधि तीस सितम्बर तक बढ़ा दी है इस योजना के दायरे में बैट्री चलित वाहनों को भी शामिल कर लिया गया है वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पटना उच्च न्यायालय में सहायक के तीन सौ संतानवे पदों और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में एक सौ तिरसठ लिपिक के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के नगर निकायों में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे सफाईकर्मियों को हटाये जाने संबंधी लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगा दी है न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार को यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया मामले की अगली सुनवाई तीन जून को होगी उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नगर विकास और आवास विभाग ने इन कर्मियों की संविदा अवधि तीन महीने बढ़ाने का आदेश निर्गत कर दिया है दरभंगा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सात सौ पचास बेड का होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी श्री चौबे ने बताया कि एम्स के निर्माण पर लगभग एक हजार तीन सौ एकसठ करोड़ रूपये की लागत आयेगी उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की सम्भावना बनी हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है इधर तेज प्ररबा हवा और बारिश के कारण तापमान सामान्य से नीचे चला गया है जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है केन्द्र सरकार ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव और सर्वे को मंजूरी दे दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार टिड्डी दल के बिहार पहुंचने का समय हवा के रूख और रफ्तार पर निर्भर है अभी टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी के आस पास है कृषि विभाग ने किसी भी आपात स्थिति में किसानों को कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पांच पांच एक पर सम्पर्क करने की सलाह दी है पटना से हैदराबाद के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो जायेगी एयर पोर्ट अथॉरिटी के अनुसार दिल्ली से पटना के लिए अब सात विमानें उड़ान भरेंगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर दिये गये दिशा निर्देशों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर लिखता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्रवासी श्रमिकों से नहीं लिया जाए रेल और बस किराया हिन्दुस्तान ने नगर निकायों के दैनिक सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त करने पर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है लॉकडाउन पांच की तैयारी हॉटस्पॉट में बढ़ेगी सख्ती दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है प्रवासियों को आर्थिक मदद और रोजगार में तेजी लायें दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

बिहार में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या तीन हजार एक सौ पचासी हुई